आज गोवा की राजधानी पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी श्री जावड़ेकर ने गोवा सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि समी औद्योगिक उत्पादों के लिए बिक्री मूल्य का निर्धारण उत्पादक करते हैं लेकिन कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण एजेंटों द्वारा किया जाता था नये अधिनियम के प्रभावी होने के बाद अब बिक्री मूल्य के निर्धारण में किसानों को प्राथमिकता मिलेगी इससे किसान अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएंगे और इसका उन्हें सीधा लाभ मिलेगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा उप च्नाव विधानसभा उप चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है

बूथ लेवल एप से मतदाताओं द्वारा मतदान के समय उसकी पहचान डिजिटल तरीके से हो सकेगी इसमें मतदाता को प्रदाय वोटर स्लिप को मतदान केन्द्र पर स्केन करते ही उस समय तक कितने मतदाताओं द्वारा मतदान किया जा चुका है इसकी पूरी जानकारी सर्वर पर मिल जाएगी और रीयल टाइम में मतदान का प्रतिशत भी ज्ञात हो सकेगा यदि कोई मतदाता पुनः वोट डालने आ जाता है तो बूथ लेवल एप तत्काल उसकी पहचान कर लेगा इससे फर्जी मतदान रोकने में सुविधा होगी प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के तकनीकी अधिकारी भी उपस्थित थे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

इनमें से एक हजार से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

वन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं इस संबंध में डेम पर बेनर और फ्लेक्स लगा दिए गए हैं

इसमें कोरोना से बचाव करते हुए कैसे मतदान कराया जाए इस बारे में बताया जा रहा है